राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने बीस हजार करोड़ रूपये किये जारी

झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सतासी प्रतिशत से अधिक पहंच चुकी है राज्यभर में अबतक अठ्ठासी हजार छब्बीस कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि छिहतर हजार आठ सौ तैंतालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या दस हजार चार सौ छत्तीस है

इधर जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित सभी छह प्रखंडो के ग्रामीण क्षेत्रों में नमूना संग्रह और जांच अभियान लगातार जारी है उपायुक्त फैज अहमद मुमताज और उपविकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा अभियान की निगरानी कर रहे हैं

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक डा शैलेश क्मार चौरसिया ने कहा है कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हए अभी स्कूल नहीं खोले जा सकते

दूसरे राज्यों में किस तरह से स्कूल खुल रहे हैं तथा उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके अध्ययन के बाद ही राज्य में स्कूलों को खोलने की तैयारी की जाएगी देश ने कोविड जांच मामलों में नई ऊंचाई हासिल की है

प्रतिदिन जांच के आंकडों में भारत अन्य देशों से अग्रणी हो रहा है

केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर सुसंगठित तरीके से जांच की सुविधाएं को बढा रहे हैं

उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए दो कुर्सियों से बीच में जगह छोड़ी जाएगी सिनेमा हॉल में फेस मास्को और सैनिटाइजर का का उपयोग अनिवार्य होगा और सभागारों के अंदर हवा के आने जाने की व्यवस्था की जाएगी सिनेमा हॉल परिसर को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा

उन्होंने टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन माध्यम को अधिक से अधिक बढ़ावा देने पर भी जोर दिया

नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है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

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज राष्ट्रीय स्टार्टअप प्रस्कारों की घोषणा करेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने श्रेष्ठ स्टार्टअप की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार शुरु किया है

इससे धनबाद से दिल्ली जानेवालों को काफी राहत मिलेगी पूरी से आनंद विहार के बीच कल से नंदन कानन एक्सप्रेस को चलाने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है वहीं नीलांचल एक्सप्रेस नौ अक्टूबर से चलेगी इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से ओडिशा और नई दिल्ली के बीच ठहराव वाले स्टेशन के यात्रियों को राहत मिलेगी धनबाद के गोमो स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों का ठहराव है वहीं दूसरी ओर कल से शक्तिपुंज एक्सप्रेस का भी परिचालन शुरू होगा

हजारीबाग जिले के बड़कागांव से कोयले के उठाव और दुलाई के मामले में कल कोई फैसला नहीं हो सका उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद एसपी कार्तिक सहित एनटीपीसी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीण रैयतों तथा प्रभावितों की वार्ता हुई

लोहरदगा जिले के बगड़ थाना के लावागांई जोरी मुख्य पथ के लिकट खेत से एक किशोरी का शव बरामद हुआ है

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है

भारतीय जूनियर महिला हॉकी के बंगलूरू में शुरू हो रहे कैम्प में झारखंड की तीन खिलाड़ी संगीता कुमारी ब्यूटी डुंगडुंग और सुषमा कुमारी शामिल होगी कैम्प को लेकर संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग कल रांची एयरपोर्ट से बंगलूरू के लिए रवाना हो गई जबकि सुषमा कुमारी सीआरपीएफ कैम्प से बंगलूरू जाएगी भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से वर्ष में दो बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी यह जांच आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है